ट्रेन से आज विदिशा और छतर र हंचेगे कई श्रमिक

विदिशा कलेक् र डॉ ंकज जैन ने बताया कि इन ट्रेनों का स्थापेज शहले भोशल था उन्होंने बताया कि इनमें केरल महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश राज्य के शहरों से श्रमिक आ रहे हैं

कलेक् र शीलेंद्र सिंह के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेलवे स्रोशन प्रर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

उधर खंडवा में देर रात्रि आई मेडिकल ब्लेपिन में कोरोना के दो नए मरीज मिले है हमारे संवाददाता वे बताया है कि इनमें एक घासप्रा तो दूसरा सिंधी कॉलोनी का निवासी है

गुना में कोरोना ॉजिपिव मरीज मिलने के बाद जिले में कलेक र ने राहतों को लेकर सशोधित आदेश जारी किया है

एक वीडियो संदेश में श्री तोमर ने कहा है कि कोरोना का संक ला नहीं है उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि फसल काई व उार्जन के दौरान सोशल डिस्वेसिंग का ालन करने से ही कोरोना के संक्रमण से किसान बच सकते हैं

इनके माध्यम से कोरोना संक्रमण से ठीक हए मरीजों के रक्त से प्लाज्मा अलग किया जाता है

कल कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हए य्वा आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा ने एफरेसिस मशीन के माध्यम से प्लाज्मा दान दिया इसके सरीक्षण के बाद एं ीबॉडी के स्तर का ता लगने के बाद अन्य संक्रमित मरीजों में उ चार और अध्ययन में इसका उ योग किया जाएगा

उज्जैन एसपी सचिन अत्लकर को भोशल स्थित प्लिस म्ख्यालय में सहायक प्लिस महानिरीक्षक निय्क्त किया गया है उनके स्थान धर आगरमालवा के एसपी मनोज क्मार को उज्जैन एसपी बनाया गया है जबकि राकेश सगर को आगरमालवा का प्लिस अक्षीक्षक निय्क्त किया गया है मंदसौर एसपी हितेष चौधरी की जगह सिद्धार्थ चौधरी एसपी निय्क्त किए गए हैं हितेष चौधरी भो ाल में एसपी रेल बनाए गए हैं एएनएम अच्छी खबर कोरोना संक्रमण के इस म्श्किल वक्त में उमरिया जिले की स्वास्थ कार्यकर्ता ने मिसाल पेश की है दरअसल आय्ष कार्यालय में प्दस्त सरस्वती क्शवाहा आठ माह से अधिक समय की गर्भवती है ऐसे वक्त में जब उन्हें घर र आराम करना चाहिए लेकिन वे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिये त्रिकप् चूर्ण का पैके बा रही हैं खास बात यह है कि अधिकारियों ने उन्हें अवकाश लेने की सलाह दी थी लेकिन सरस्वती ने काम करने को प्राथमिकता दी

लिहाजा जन द उ ाध्यक्ष अशीष खरे सहित समाजसेवियों ने उन्हें तिरंगे के साथ शॉल श्रीफल से किया सम्मानित किया गया

श्री चौहान ने ग्राम जोगीबेडा निवासी रेशमाबाई और ग्राम चायत जूना ानी के श्रमिक रेवाराम से चर्चा की दोनों ही श्रमिक दूसरे प्रदेशों से लॉकडाउन की वजह से वा स लौ हैं